कल विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कई ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी पहल से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने और कैंसर मुक्त जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी आई है उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति से कैंसर का सामना करने वालों के प्रति सम्मान व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने कैंसर इलाज के शोधकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयास से विश्व को स्वस्थ बनाने में मदद मिलेगी केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय क्रषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से अरुणाचल प्रदेश सरकार की ऋण लेने की सीमा को एक सौ अट्ठासी करोड़ से बढ़ाकर दो सौ इक्यावन करोड़ इकहत्तर लाख रुपए कर दिया है कल ईटानगर में वित्त योजना और निवेश विभाग की उच्चाधिकार समिति सह राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक के दौरान यह जानकारी दी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने सभी चल रही परियोजनाओं की वित्तीय और भौतिक समिक्षा की उन्होंने कहा कि सभी कार्यकारी विभागों को आगामी पंद्रह मार्च तक भुगतान संबंधी दावे जमा करना होगा राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति दो हजार आठ के तहत अरुणाचल प्रदेश के अट्ठाईस शहरी केंदो के लिए राज्य स्वच्छता रणनीति और नगरीय स्वच्छता नीति तैयार की जा रही है इसका उद्देश्य चिन्हित नगरो में शत प्रतिशत स्वच्छता को सुनिश्चित करना है तिरप जिले के खोंसा और देओमाली शहरी केंद्रो के लिए इस योजना को लेकर जिला मुख्यालय खोंसा में एक बैठक हुई राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांड् ने राज्यवासियों को बोरीबूट यूल्लो त्योहार की शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में उन्होंने समाज में सुख शांति और खुशहाली की कामना की है राज्यपाल ने कहा है कि त्योहारों का आयोजन न केवल समुदाय की इस सदस्यों को मिलने का अवसर प्रदान करता है बल्कि सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है विदेशमंत्री सुषमा स्वराज और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती मनाने के सिलसिले में कल राजघाट से सुरक्षा यात्रा नाम की एक मोटरकार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया यह कार्यक्रम तीसवें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरु होने का एक हिस्सा भी था यह रैली भारत बांग्लादेश और म्यामां में गांधीजी से संबंद्व ऐतिहासिक स्थलों के गुजरेगी सात हजार किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर यह यात्रा इस महीने की चौबीस तारीख को म्यामां की राजधानी यंगून में पूरी होगी रैली का उद्देश्य अपने मार्ग में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरुक बनाना है इस अवसर पर श्री गडकरी ने आशा प्रकट की कि रैली से लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी मुद्दों को समझने और दुर्घटनाएं रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में मदद मिलेगी विदेशमंत्री ने सड़क का इस्तेमाल करने वालों से कहा कि वे सड़क पर अपने व्यवहार में सुधार लाने के लिये गांधीजी के सत्य धैर्य और सहिष्णुता के सिद्धांतों का पालन करे इधर राजधानी ईटानगर के देरानातुंग राजकीय महाविद्यालय ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक एम हर्षवर्धन ने सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर आधारित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की श्री हर्षवर्धन ने लोगों से द्र्घटना ग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने की अपील करते हुए कहा कि इससे कोई कानूनी अड़चन नहीं आती है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल सहित प्रदेश के कई संगठन राज्यभर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जनजाग़रुकता कार्यक्रम चला रहे है उच्चतम न्यायालय ने आज फिर केंद्र से कहा है कि असम के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पूरा करने की एकतीस जुलाई की समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र की इस मांग को खारिज कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ड्यूटी को देखते हुए रजिस्टर पूरा करने के लिए दो सप्ताह का और समय दिया जाये न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से नागरिकता रजिस्टर पूरा करने के काम के लिए राज्य सरकार के क्रुछ अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से छूट देने पर विचार करने को कहा सर्वोच्च न्यायालय ने असम सरकार राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर संयोजक और निर्वाचन आयोग से सुनिश्चित करने को कहा है कि आम चुनाव के कारण नागरिकता रजिस्टर का काम पूरा करने की प्रक्रिया धीमी न पड़े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 आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया